एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी इस बीच कृषि मंत्री राम लाल मारकंडा के नेतृत्व में स्पीति घाटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकर से शिमला में भेंट की प्रतिनिधिमंडल ने ताबो में भारतीय बौद्ध अध्ययन संस्थान के डीम्ड विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए हस्तांतरित की जाने वाली वन भूमि के क्छ क्षेत्र की एवज संबंधित विभाग को मौजूदा कीमत जमा करने के निर्देश देने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया

प्रतिनिधिमंडल ने ताबो में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का भी आग्रह किया ताकि क्षेत्र के लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाए मिल सकें

मुलाकात उधर विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल सहित सांसदों वीरेन्द्र कश्यप रामस्वरूप शर्मा और अनुराग ठाक्र ने आज नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात की उन्होंने धर्मशाला के तपोवन स्थित विधानसभा परिसर में ई विधानसभा प्रणाली को लागू करने संबंधी राष्ट्रीय ई विधान अकादमी बनाने के लिए एक पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपा राजीव बिंदल ने कहा कि अकादमी की स्थापना से सांसदों विधायकों और देश के अधिकारियों सहित विदेशों को विधान निकायों के अधिकारियों को ई विधान प्रकिया का प्रशिक्षण हासिल करने का मौका मिलेगा बिक्रम ठाकुर प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं से जोड़कर स्वाबलंबी बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकूर ने ऊना में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में ये बात कही उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए बजट में अनेक योजनाओं का प्रावधान किया गया है बिकम ठाकुर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार और ग्रामीण स्तर पर जागरूकता शिविर लगाने के निर्देश दिए वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन बनाने की जरूरत पर बल दिया है वे आज ऊना सब्जी मंडी में आयोजित स्वच्छता अभियान के श्भारंभ अवसर पर बोल रहे थे वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ कर लोग अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ बनाने में जुटे है

विनीत चौधरी मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने केन्द्रीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा ऊना के हरोली उपमंडल में आदर्श ग्रामीण स्वास्थ्य शोध इकाई द्वारा चलाए जाने वाले तीन अभियानों का आज शुभारंभ किया उन्होंने बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक स्थानों पर ध्म्रपान के खिलाफ जनआंदोलन महिलाओं में सर्विक्स कैंसर और गले के कैंसर विषयों पर तीन शोध कार्यक्रमों को हमीरपुर स्थित मैडिकल कॉलेज के माध्यम से कियान्वित किया जाएगा विनीत चौधरी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ अभियान के तहत ऊना शहर और हरोली उपमंडल को चुना गया है जहां आगामी एक वर्ष तक जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे ट्रांसफोर्मिंग इंडिया भारत सरकार के सुचना व प्रसारण मंत्रालय के फिल्ड आउटरीच ब्यूरो हमीरपुर द्वारा बिलासपुर जिले के धार टटोह गांव में आज ट्रांसफोर्मिंग इंडिया पर जागरूकता शिविर लगाया गया शिविर की अध्यक्षता बिलासपुर सदर के खंड विकास अधिकारी गौरव धीमान ने की फिल्ड आउटरीच ब्यूरो के प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि इस मौके लोगों को मुद्रा योजना प्रधानमंत्री बीमा योजना उज्जवला योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे विस्तृत जानकारी दी गई

समापन समारोह की अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल ने की इस मौके उन्होंने छात्रो से खेलों व पढ़ाई के बीच तालमेल बनाकर भविष्य सुरक्षित करने का आहवान किया दुर्घटना किन्नौर जिला की निचार तहसील के विकासनगर में आज सुबह एक कार के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से तीन लोगों की मृत्यु हो गई जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं घायलों को रामपुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है